कल देर रात गिरफ्तार किये गये कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आज न्यायालय में पेश किया गया चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में चरबद्ध रूप से मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रयास किये जायेंगे

राज्य में सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में युवा क्लब शुरू किये जायेंगे

फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भूगतान इलैक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया जाता है

उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यक कदम उठाए हैं

इस समय अजय कमार भल्ला गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति राजीव गाबा की जगह की गई है जो कैबिनेट सचिव बनाये गये हैं

जांच एजेंसी ने उन्हें कल रात नई दिल्ली में जोरबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था चिदंबरम को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई मुख्यालय में रखा गया ह जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है सीबीआई ने आज चिदम्बरम को अदालत में पेश किया

राज्यपाल और कुलाधिपति कल्याण सिंह ने राज्य के विश्वविद्यालय कुलपतियो को इस संदर्भ में पत्र भेजे हैं इस आशय का परिपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया है

डॉ शर्मा आज जयपूर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पांचवे दीक्षान्त समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य है जहाँ चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना चुनौतिपूर्ण काम है लेकिन राज्य की सम्पूर्ण आबादी को गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधाए पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश दिये हैं

इस योजना का प्रिमियम हर साल के लिए अलग है इसमें केन्द्र सरकार भी प्रिमियमें में अंशदान देती है

बरामद किये गये गांजे की अनुमानित कीमत एक करोड रूपये है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध बी एल सोनी ने बताया कि आरोपियों ने नशे की खेप उडीसा राज्य से लाकर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बेचने की बात कही है उन्होंने बताया कि दोनो अभियुक्तों के विरूद्व मानसरोवर थाने में प्रकरण दर्ज कर गहन प्रछताछ की जा रही है

श्री डोटासरा ने बताया कि विद्यालयों में यूवा क्लब के जरिये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उनमें सदभाव और समन्वय की भावना विकसित की जायेगी

झुंझुनूं के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएल गुर्जर ने आज मंडावा सीएचसी के अलावा बिरमी और टाई के अस्पतालो का निरीक्षण किया

अलवर जिले के आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए मुण्डावर क्षेत्र के पीपलाडा गांव में हथकढ़ शराब बनाने के ठिकानों को नष्ट किया है

मौसम विभाग के अनुसार पिछले पांच दिनों से निष्किय मानसून प्रदेश में एक बार फिर सकिय होने जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है